प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी का सिलसिला जारी

कोविड संक्रमण में बढोतरी जारी है हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर दूसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड संक्रमण वाले क्षेत्रों में जांच की संख्या बढ़ाने को कहा है श्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के प्रसार को देखते हये घर घर जाकर जांच और निगरानी पर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने आज कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि देश में कोविड उन्नीस के खिलाफ संघर्ष वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के दिशा निर्देशों के अनुरूप चल रहा है श्री मोदी ने इस महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण जांच और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति बनाना उन राज्यों में बहत आवश्यक है जिनमें संक्रमण की दर अधिक है उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में ऐसे वेंटीलेटर पर गंभीर चिंता जताई जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटीलेटरों को लगाने और उनके इस्तेमाल की तत्काल जांच की जानी चाहिए प्रदेश को कोरोना से मुकाबला करने के लिए विदेशों से भी मदद मिल रही है राज्य को अमेरिका से एक सौ चौरासी ऑक्सीजन कन्संट्रेटर मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इनमें से बानवे कन्संट्रेटर राज्य के विभिन्न सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भेजे जाएंगे तेईस कन्संट्रेटर पटना के एक निजी अस्पताल को और उनहत्तर मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल को दिए जाएंगे राज्य को विभिन्न देशों से दो सौ पैंसठ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संठगन डीआरडीओ ने एक ऑक्सीकेयर प्रणाली विकसित की है जिससे रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर की जा सके इस प्रणाली के माध्यम से रोगी के शरीर में कम दबाव और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली के जरिए अपने आप ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है बाईट डीआरडीओ द्वारा बनाये गए ऑक्सीकेयर सिस्टम रोगी के शरीर में मौजूद ऑक्सीजन को भाप लेता है और जसके आधार पर जितना आवश्यक हो उतना ही ऑक्सीजन देता है इससे अस्पताल कर्मचारियों को ऑक्सीजन लेवल अडजस्ट करने की तकलीफ दूर होकर समय की बचत होती है

तकनीकी खराबी की चेतावनी देने की व्यवस्थ भी इसमें हैं ऑक्सीकेयर को घर क्वारंटाइन सेंटर कोविड केयर सेंटर और अस्पताल में इस्तेमाल किया जा सकता है इस व्यवस्था को तैयार करने के लिए डीआरडीओ ने कई कारखानों को मंजूरी दी है

राज्य सरकार ने लोगों को घर के अन्दर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने की सलाह दी है वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए नेचर क्योर्स यू नाम से विभाग ने एक विशेष अभियान की शुरूआत की है उन्होंने बताया कि इसके तहत लोगों को स्नेक प्लांट रबर का पेड़ और एरेका प्लांट जैसे पौधे लगाने के लिए प्रेरित किये जा रहे हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी हो रही है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सात हजार तीन सौ छत्तीस लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक हजार दो सौ दो मामले पटना जिले से दर्ज किये गये हैं समस्तीपुर में तीन सौ बानवे भागलपुर में तीन सौ इकसठ मध्बनी में तीन सौ साठ और वैशाली में तीन सौ तिरपन नये मामलों की पुष्टि हुई है देश भर में कोविड के नये मामलों में कमी आने का सिलसिला जारी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में तीन लाख छब्बीस हजार छियानवे मामले सामने आये हैं वहीं इसी अवधि में तीन लाख तिरपन हजार से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी है स्वस्थ होने की दर तेरासी दशमलव आठ तीन प्रतिशत है एक दिन में तीन हजार आठ सौ नब्बे कोविड मरीजों की मौत भी हुई है प्रदेश में अब तक अठासी लाख सैंतीस हजार आठ सौ इकतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख सोलह हजार चार सौ इकतालीस लोगों का टीकाकरण किया गया इसी अवधि में अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के नवासी हजार आठ सौ सोलह लाभुकों को टीके लगाये गये इधर देश में अब तक अठारह करोड़ चार लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं कोविड मरीजों के लिए बनाई गई दवा ट्र डीओक्सी डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है

यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा

यह अपनी तरह की अनूठी दवा है प्रयोगशाला में इस दवा के परीक्षण से पता चला है कि इससे कोविड मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होती है इस दवा का देश में आसानी से उत्पादन और वितरण किया जा सकता है भूपेन्द्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण दवाई अस्पताल में भर्ती करने या उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि इस संबंध में मीडिया में कुछ समाचार आए हैं कि आधार के बिना टीकाकरण या अस्पताल में भर्ती करने जैसी जरूरी सेवाओं से इंकार किया जा रहा है प्राधिकरण ने कहा है कि कोविड महामारी की परिस्थितियों में किसी को भी सेवा या कोई भी लाभ देने से इसलिए इंकार नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रुपाली मलिक का कहना है कि कोविड के कारण स्वाद की क्षमता और सूंघने की शक्ति समाप्त होना एक सामान्य बात है उन्होंने कहा कि यह स्वस्थ होने के साथ ही लौटना शुरु होती है

इसके अंतर्गत कंपनी सिमरिया मल्हीपुर और चकिया में संक्रमण मुक्त कराने के लिए सैनिटाइजेशन के साथ अन्य कई काम कर रही है सुनते हैं एक रिपोर्ट

कपनी के वरिष्ठ अधिकारी दिनकर शर्मा ने बताया कि लगभग साढे आठ हजार फेस मास्क लोगों के बीच बांटे गये हैं

श्रमिकों से यह सुनिश्चित कराया जात है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें

जब लोगों को दवा दया और दुआ सबकी जरुरत हो रही है ऐसे बरौनी एनटीपीसी ने लोगों के इलाज और दवा उपलब्ध कराकर एक सही राह दिखाने का प्रयास किया है आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से अनुज कुमार वर्मा राज्य सरकार ने कोविड संकट के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक और ई मेल के जरिये भेजने का फैसला किया है ये निर्देश सभी प्रकार की मृत्यु के मामले में प्रभावी होंगे नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया है पत्र के अनुसार किसी व्यक्ति के पास ई मेल की सुविधा नहीं होने की स्थिति में उसके परिजन का मृत्यु प्रमाण पत्र डाक से भेजा जायेगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व राज्यपाल रघुनन्दन लाल भाटिया का आज सुबह अमृतसर में निधन हो गया वे एक सौ एक वर्ष के थे विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की रघुनन्दन लाल भाटिया वर्ष दो हजार आठ से दो हजार नौ तक बिहार के राज्यपाल रहे दूरदर्शन पटना के पूर्व निदेशक पी एन सिंह का कल निधन हो गया कोविड संक्रमित पाये जाने के बाद उनका हरियाणा के झज्जर स्थित एम्स में इलाज चल रहा था उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है आकाशवाणी और द्रदर्शन परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि मुजफ्फरपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद सिंह का आज कोविड संक्रमण से निधन हो गया उनकी पत्नी की भी आज इस महामारी से मृत्यु हो गयी चिकित्सकों और समाज के गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां कम होने के साथ ही मौसम एक बार फिर शुष्क हो गया है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से अगले दो से तीन दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की सम्भावना है आज पटना और गया में सबसे अधिक चालीस डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने बताया कि राज्य में औसतन एक से दो डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है

विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल में इस महीने की इकतीस तारीख तक पहुंच सकता है इसमें चार दिनों का अंतर हो सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बक्सर में पांच मेडिकल मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया इस यूनिट को महर्षि विश्वामित्र चलंत आरोग्य वाहन का नाम दिया गया है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी का सिलसिला जारी